आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी

उन्होंने द्रनियाभर में तेजी से वैक्सीन वितरित करने के लिए वैष्विक समुदाय को वैक्सीन के अनुसंधान विकास और इसके निर्माण में सहयोग करने की अपील की है सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आयोजित आर्थिक और सामाजिक परिषद की विषेष मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान वर्च्अल माध्यम से अपने विचार सांझा करते हुए उन्होंने कहा कि वैष्विक समुदाय वैक्सीन की पहंच किफायत उपलब्धता और वितरण की चनौतियों का सामना कर रहा है

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देष की समझ नहीं है इसलिए देष की जनता ने उन्हें उनके नेताओं व पार्टी को स्वीकार नहीं किया है कृषि मंत्री आज भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याय सुन रहे थे इस मौके पर उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से पलायन न करने की अपील करते हए कहा कि कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं होगी कल बारिष के बाद कई जिलों की मंडियों में भीगी फसल पर कृषि मंत्री ने कहा कि आवक ज्यादा होने व बेमौसमी बारिष के कारण कुछ कमियां रही हैं लेकिन अधिकारियों को गेहूं सुखाकर भरने के निर्देष दिये गए हैं

षिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरपाल सिंह पाली ने बताया कि नगर कीर्तन आज पंजाब के लिए रवाना हुआ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मुलचंद शर्मा ने आगामी गर्मी सीजन के मददेनजर बल्लभगढ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिषा निर्देष जारी किए बल्लभगढ विश्राम गृह में आयोजित इस बैठक में निगम के अधीक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंता उपमण्डल अधिकारी और कनिष्ट अभियंता के साथ पेयजल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई